यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी तथा अर्थव्यवस्था को चरणबद्व ढंग से खोले जाने के मद्देनज़र चलाया जाएगा लोगों की भागीदारी के उद्देश्य से यह जन आंदोलन अभियान शुरू किया जाएगा कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में तीन मुख्य संदेश दिए जाएंगे ये संदेश हैं मास्क पहनें सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोयें

अधिकतम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहंचने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से अधिक संक्रमण वाले जिलों में ठोस कार्य योजना भी लागू की जाएगी

देवास जिर्ले की हाटपीपल्या में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता शपथ और नैतिक मतदान की अपील की जाएगी साथ ही मतदान जागरूकता के लिए ऑनलाइन पोस्टर संदेश चित्रकला व्हाटसएप फेसबुक के माध्यम से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा फोन पर मतदाता जागरूकता संबंधित रिंगटोन एवं डायलटोन संदेश प्रसारित किए जाएंगे

विभाग द्वारा कोरोना आपदा काल में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उदेश्य से ये सड़के बनायी गयी हैं

वर्चअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अलीराजपुर खरगौन बैतुल कटनी सीधी एवं नरसिंहपुर जिले के सरपंचों से मनरेगा की सड़कों के संबंध में तथा बड़वानी और रतलाम जिलों के सरपंचों से संवाद करेंगे

कल बैंगलूरू में एयरो इंडिया से संबंधित वर्चुअल गोलमेज बैठक में श्री सिंह ने कहा कि भारत को शांति के लिए रक्षा प्रणाली मजबूत करने की आवश्यकता है

रक्षा संबंधी नई नीतियों से हम एयरो स्पेस उद्योग का डिजायन तैयार करने से लेकर उत्पादन करने तक सक्षम हो पाये हैं रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण केन्द्र विकसित करने के लिए देश में बड़ी संख्या में तकनीकी रूप से योग्य मानव संसाधन उपलब्ध हैं

उन्होंने कहा कि कोविड के चलते कई सहायक मतदान केंद्र बनाए गए है इनमें कनेक्शन नहीं होने की अवस्था में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक अस्थाई कनेक्शन दे दिया जाएगा मौसम प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलने से गुलाबी सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है उत्तरी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है खासतौर पर रात्रि में सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी रात के समय हल्की ठंड का असर देखने का मिल रहा है

हालांकि मौसम विभाग ने आज रीवा और शहडोल संभागों में तथा सिवनी बालाघाट और मंडला जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है

इस अस्पताल में कार्डियोंलाजी कार्डियो वस्कलर थोरेसिक सर्जरी न्यूरालाजी न्यूरो सर्जरी एनेस्थीसिया तथा रेडियो डायग्नोसिस विभाग संचालित हैं

कल जिला निर्वाचन अधिकारी ने बमोरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया